श्री मोदी ने राष्ट्रपति को राष्ट्रीय और अन्तर राष्ट्रीय महत्व के मुद्दो से अवगत कराया भारत तिब्बत सीमा पुलिस आई टी बी पी प्रमुख एस एस देशवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की हाल की लद्दाख यात्रा से सीमा पर तैनात सुरक्षा बलो का मनोबल बढ़ा है श्री देशवाल ने कहा कि सेना और अर्धसैनिक बलो के हौसले बुलद हैं और वे सीमा की सुरक्षा के प्रति समर्पित हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सामुदायिक आधार पर जैविक और प्राकृतिक खेती अपनाने का आह्वान किया है उन्होंने कहा कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने जैविक खेती वाले भू भाग का मानचित्र विकसित किया है और अट्ठासी जैव नियंत्रण कारकों और बाईस जैव कोटनाशकों की पहचान की है जिनसे जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा सकता है श्री मोदी ने कल वीडियो काफ्रेंस के जरिये देश में कृषि अन्संधान विस्तार और शिक्षा की प्रगति की समीक्षा की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सर्वश्रेष्ठ भारतीय ऐप्स विकसित करने के लिये आत्मनिर्भर भारत नवाचार चुनौती का श्भारंभ किया है स्टार्ट अप और तकनीकी क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने तथा भारतीय ऐप निर्माताओं और नवाचारियों को प्रोत्साहित करने के लिये यह श्रूआत की गई है प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय ऐप्स में अपनी अपनी श्रेणियों में विश्व स्तरीय बनने की क्षमता है उन्होंने लोगों और प्रौद्योगिकी से जूड़े समुदाय से आत्मनिर्भर भारत नवाचार चुनौती में भाग लेने का आग्रह किया गुरू पूर्णिमा का पर्व आज प्रदेश भर में श्रद्वा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर लोगों को अपनी शभकामनाएं दी हैं इस बीच मुख्यमंत्री और गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ आज गोरखप्र पहंचे उन्होंने गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की और अपने ग्रू ब्रहमलीन महत अवेद्यनाथ की समाधि पर माथा टेका कोरोना महामारी के कारण इस वर्ष मंदिर परिसर में समी सार्वजनिक कार्यक्रम स्थगित हैं गोरक्षपीठाधीश्वर ने अपने शिष्यों को पत्र के माध्यम से ग्रू पूर्णिमा पर श्भकामना संदेश भेजा है वाराणसी के मठों और आश्रमों में भी आज भीड़ नहीं जुटी गड़वा घाट आश्रम रवींद्रपुरी स्थित बाबा कीनाराम स्थल और पड़ाव स्थित सर्वेश्वरी समूह आश्रम के मुख्य द्वार बंद रहे कोरोना वैश्विक महामारी के कारण मंदिर प्रशासन ने भक्तों से घर में रहकर ही पर्व मनाने की अपील की है बलरामपुर जिले में भी गुरु पूर्णमा का पर्व श्रद्वा और आस्था के साथ मनाया जा रहा है लोग घरों में रहकर गुरु पूजन कर रहे हैं जनपद के देवीपाटन शक्तिपीठ मंदिर पर सामाजिक दूरी के नियम का पालन करते हुए गुरु पूजन किया गया भारतीय चिकित्सा अनुसंघान परिषद में महामारी विज्ञान और प्रसार रोग के पूर्व प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर रमन गंगाखेडकर ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में हर्ड इम्यूनिटी के विषय में बताया हर्ड इम्युनिटी में सौ में से साठ लोगों को अगर बीमारी पहले हो चुकी है तो हम ये समझते हैं कि वो जगह पर नए सिरे से दूसरे को बीमारी तगने का चांस कम हो जाता है क्योंकि हमारी जो इंटरेक्शन होती है एक इंसान दूसरे से मिले उसमें निगेटिव इंसान के साथ में मितने का चांस उतना ही कम हो जाता है जब साठ प्रतिशत लोग जो होते हैं उनको बीमारी लगती है इसको हम हर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं मिशन वक्षारोपण के तहत आज प्रदेश भर में पच्चीस करोड़ से अधिक पौघे लगाए जा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सुबह लखनऊ के कुकरेल वन में पौधे लगाकर मिशन वृक्षारोपण का शुभारंभ किया उन्होंने हरिशंकरी वाटिका के अंतर्गत पीपल पाकड़ और बरगद के पौधे रोपे इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पर्यावरण को हरा भरा रखने के लिए प्रदेश में वृहद स्तर पर पौधे रोपने का कार्य किया जा रहा है उन्होंने कहा कि विगत वर्षो से प्रदेश में लगातार वक्षारोपण का महाभियान चल रहा है उन्होंने कहा कि यह अभियान जन भागीदारी से सकारात्मक परिवर्तन का उत्कृष्ट उदाहरण है आज जनपद स्तर पर भी पौधरोपण का अभियान चलाया गया गोरखपुर में नगर विवायक राधामोहन दास अग्रवाल एडीजी दावा शेरपा मण्डलायुक्त जयन्त नार्लिकर समेत अन्य अधिकारियों ने चिड़ियाघर प्रांगण में पौधे लगाकर वक्षारोपण अभियान की श्रूआत की वाराणसी में काशी विद्यापीठ विकासखंड के टिकरी गांव में नवनिर्मित तालाबों के किनारे पौधे रोपे गए वन विभाग और एक स्वयं सेवी संगठन के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा के साथ बतौर मुख्य अतिथि अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार उपस्थित रहे मऊ जिले में वन महोत्सव महाभियान के तहत विभिन्न विभागों ने इक्कीस लाख से अधिक पौधे रोपने का लक्ष्य रखा है जनपद में इस अभियान की शुरुआत आज घोसी विघानसभा क्षेत्र से विघायक विजय राजभर और जिलाधिकारी ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी ने भुजौटी में पौधे लगाकर की